केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि इस संशोधन से जिलाधिकारियों के साथ साथ अपर जिलाधिकारी भी प्रत्येक जिले में किशोर न्याय अधिनियम लागू करने वाली एजेंसियों के कामकाज की निरानी कर सकेंगे

इसमें जिलाधिकारियों को और अधिकार देने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि कान्न के कार्यान्वयन और संकटपूर्ण स्थितियों में रह रहे बच्चों के पक्ष में किये जा रहे प्रयासों को और सशक्त बनाया जा सके बाल कल्याण समितियों के सदस्यों की निय्क्ति के लिए पात्रता मानदण्डों को परिभाषित करना तथा अब तक अपरिभाषित अपराधों को गंभीर श्रेणी के अपराध के रूप में वर्गीकृत करना भी इन संशोधनों का उद्देश्य है

आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नैसकॉम टैक्नोलोजी और लीडरशिप फोरम एनटीएलएफ को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्टार्टअप और नवोन्मेषकों से उत्कृष्टता के वैश्विक मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों को बनाने पर विचार करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि टैक्नोलोजी से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ है श्री मोदी ने कहा कि लोगों को डिजिटल रूप में जानकारी देने और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाने में भी टैक्नोलोजी असरदार रही है

इस बैठक में स्थानीय विधायक म्च् मिथि जिला उपाय्क्त के एन दामो प्लिस अधीक्षक जेम्स के लेगो सहित कई पंचायत सदस्य मौजूद थे व्यवसायी सम्दाय के लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की इस अवसर पर जिला प्लिस अधीक्षक ने बताया कि द्कानदार की हत्या के मामले में अभिय्क्त को गिरफ्तार कर लिया गया है विधायक म्च् मिथि ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हए व्यवसायियों को भयम्क्त वातावरण प्रदान करने के लिए सभी आश्वासन दिया

केंद्रीय टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश हैंडल्म एण्ष हैंडिक्राफ्ट्स का उद्घाटन राज्य के टेक्सटाइल और हैंडिक्राफ्ट मिनिस्टर त्म्के बागरा ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्थानीय लघ् उद्योगों को बढ़ावा दे रही है श्री बागरा ने कहा कि राज्य में टेक्सटाइल और हैंडिक्राफ्ट क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कदम उठाए जा रहे है

इस अवसर पर स्थानीय विधायक तेची कासो ने राजधानी क्षेत्र के लोगों से त्वरित गति से इस राजमार्ग परियोजना को प्रा करने में सहयोग की अपील की उन्होंने स्वीकार किया कि बैंक तिनाली में चल रहे अंडरपास के निर्माण के लिए यातायात में बदलाव से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है श्री कासो ने कहा कि आगामी तीन महीने में ईटानगर से पाप् नालाह के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति बेहतर हो जाने के बाद राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी

रीजनल आउटरीच ब्यूरो और फील्ड आउटरीच ब्यूरो में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस गंभीर समस्या के बारे में विस्तार से बताने के लिए आयोजित इस वेबिनार में जनरल अस्पताल लोहित के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ एस तोवांग ने एक्सपर्ट के तौर पर हिस्सा लिया

यह त्योहार प्रतिव ष फाग्न महीने के पहले ब्धवार को मनाया जाता है